पटना जिले के मोकामा में अवैध बालू से लदे एक सौ छत्तीस वाहन जब्त

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीएड कॉलेजों में फर्जी तरीके से दाखिला लेने वाले छात्रों का नामांकन रद्द किया जायेगा पटना उच्च न्यायालय में नामांकन को वैध करार देने की अपील खारिज होने के बाद यह कार्रवाई राज्य के विश्वविद्यालयों में शुरू की गयी है अनुमान है कि अकादमिक सत्र दो हजार अठारह बीस के दौरान बीएड कोर्स में फर्जी तरीके से छह हजार छात्रों का दाखिला हुआ है प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने वाले बीएड सीईटी के राज्य नोडल पदाधिकारी डाक्टर एस पी सिन्हा ने बताया कि केवल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से ही लगभग सात सौ छात्रों का नामांकन रद्द किया जायेगा उन्होंने कहा कि अनुशंसित छात्रों की जांच की जायेगी राज्य सरकार ने कहा है कि गांवों की सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जायेगा जिससे उसकी गुणवत्ता बरकरार रखी जा सके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़कों का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होना चाहिए श्री कुमार ने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़कों के निर्माण के लिये राज्य में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना होगा जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले साथ ही प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़कों के निर्माण में भी किया जा सके जिससे राज्य के बाहर से सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरा न मंगाना पड़े वहीं मुख्यमंत्री ने स्थानीय जरूरतों के अनुरूप फसलों की किस्म को प्राथमिकता में शामिल कर पुरानी परंपरागत फसलों पर भी शोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है मुख्यमंत्री ने यह बात जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान कही केन्द्र में एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले एक सौ दिन में कई नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं मोदी सरकार के इन नई प्रयासों की दुनियाभर में सराहना हुई संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने एक अध्ययन में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत भूजल के दुषित होने में कमी आयी है देश के कई राज्य खुले में शौच से मुक्त होने पर यूनिसेफ ने भारत की प्रशंसा की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अध्ययन में कहा कि भारत खुले में शौच से मुक्त होने पर स्वच्छ भारत मिशन तीन लाख से अधिक जिंदगियां बचा पाने में समर्थ होगा विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे इसने गतिशीलता में सुधार किया है आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ायी है और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया है भारत में सड़क संपर्क में सूधार से क्रवि से गैर कृषि रोजगार में बदलाव आया है लिंग अनुपात में वृद्धि के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की भी प्रशंसा की गई

रेलवे ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मालभाड़े में प्रोत्साहनों की घोषणा की है माल दुलाई पर एक अक्टूबर से तीस जून के बीच लगने वाले पन्द्रह प्रतिशत व्यस्त सीजन अधिभार को स्थगित कर दिया गया है मिनी और टू प्वाइंट रेक पर लदाई में पांच प्रतिशत अनुपूरक शुल्क भी हटा दिया गया है इससे छोटे आकार वाले सामान और सीमेंट स्टील खाद्यान्न तथा उर्वरकों की लदाई को बढ़ावा मिलने की संभावना है बंदरगाहों से खाली और फ्लैट कंटेनरों की आवाजाही को प्रोत्साहन देने के लिए ढुलाई शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी गई है माल दुलाई को बढ़ावा देने के लिए वाहन क्षेत्र के लिए दी जाने वाली रैक की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है पटना जिले के मोकामा प्रखंड के हाथीदह थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बालू लदे एक सौ छत्तीस वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है अपर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि जब्त किये गये वाहनों से एक करोड़ रूपये जुर्माने की राशि वसूली गयी है साथ ही तीस लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है उन्होंने बताया कि अवैध बालू खनन में लगे लोगों को पहचान की जा रही है जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा बरसात के दिनों में गंगा नदी के पानी का संचय कर नवादा गया और राजगीर में बारह महीने पेयजल की आपूर्ति की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेयजल आपूर्ति के लिए गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम फॉर ड्रिंकिंग पर हुई बैठक में निर्देश देते हुये कहा कि बरसात के दिनों में ही गंगा नदी के पानी का संचय कर आवश्यकता के अनुसार गया राजगीर और नवादा में बारह महीने तक पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि इसके लिए इन स्थानों पर जल संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी

आज सुबह पटना और आस पास के इलाकों में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण राज्य में अगले चौबीस घंटों तक छिटपुट बारिश की संभावना है राज्य के अटठारह जिलों के आंगनबाड़ी पर काम करने वाली सेविका को पांच सौ रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह लगातार इक्कीस दिन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर दो सौ पचास रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को एक छात्र को पच्चीस लाख रूपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है इन संस्थानों पर छात्र के प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के बाद भी नौकरी नहीं देने का आरोप है गंगा नदी में दूर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन करने पर रोक लगा दी गयी है नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने बताया कि एनजीटी ने मूर्तियों के विसर्जन पर रोक का आदेश दिया है उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जा सकेगा सीबीएसई ने कक्षा एक से लेकर दस तक कला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है बोर्ड के अध्यक्ष अनिता करवाल ने बताया कि विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर दृश्य और प्रदर्शन कला को बढ़ावा दें नवादा जिले के कौआकोल और जमुई जिले के चरका पत्थर थाने की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली मनोज हांसदा को गिरफ्तार कर लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र से अपराधियों ने लगभग उनतीस लाख रूपये से भरे एक एटीएम को उखाड़ कर फरार हो गये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है जमुई जिले में एसबीआई के ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से अपराधियों ने साढ़े नौ लाख रूपये लूट लिये केन्द्र सरकार की यात्री सेवा समिति राज्य के तेरह स्टेशनों का निरीक्षण करेगी समिति यात्रियों की सुविधाओं और अन्य मामलों की जांच करेगी पटना के साइंस कालेज के भौतिकी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और साइंस फॉर सोसायटी के महासचिव प्रोफेसर एस पी वर्मा का कल देर रात निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार आज गुलबी घाट पर किया जायेगा बांग्लादेश की जेल में ग्यारह वर्षो से बंद दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के तुलसी टोला निवासी सतीश चौधरी को बांग्लादेश की सरकार ने रिहा कर दिया है भोजपुर जिले के संदेश विधायक अरुण यादव को गिरफ्तार करने के लिए पटना स्थित हार्डिंग रोड आवास पर निगरानी बढ़ा दी गयी है भोजपुर पुलिस के सहयोग मांगे जाने के बाद सचिवालय और गर्दनीबाग थाने की पुलिस संयुक्त रूप से उनके आवास पर नजर रख रही है राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में आयोजित तीसवीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड़डी प्रतियोगिता में पूर्व मध्य रेलवे ने उद्घाटन मैच में पश्चिम रेलवे को पराजित कर दिया पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने बत्तीस के मुकाबले बयालीस अंकों से जीत दर्ज की बिहार अंडर नाईटीन क्रिकेट के संभावित खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी गयी है जूनियर चयन समिति के निदेशक अनंत प्रकाश ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के बाद फाइनल टीम की घोषणा की जायेगी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 हिन्दुस्तान की बड़ी सुर्खी है प्लास्टिक कचरों से होगा सड़क निर्माण दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से लिखा है खुद को कानून से ऊपर मानने वाले बेल के लिए काट रहे चक्कर प्रभात खबर ने मेरीकॉम पद्म विभूषण के लिए नामित होने वाली देश की पहली महिला एथलीट बनीं को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने सेना प्रमुख के बयान पर शीर्षक दिया है पीओके पर एक्शन को तैयार फैसले का इंतजार आज अखबार की सुर्खी है गायब होने लगे सिंगल यूज पॉलिथीन

पटना जिले के मोकामा में अवैध बालू से लदे एक सौ छत्तीस वाहन जब्त